उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर भाजपा सभी जिलों में बुद्विजीवी सम्मेलन आयोजित करेगी और इसमें इस कानून की उपयोगिता पर चर्चा की जाएगी उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज पालमपुर के निकट उच्च विद्यालय भट्टू समूला के वार्षिक उत्सव में बताया कि प्रदेश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने में ये योजनाएं मददगार साबित हो रही हैं

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ सरकार ने कड़े कानून बनाए हैं और पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर नशे की तस्करी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नशे के खिलाफ अभियान शुरू करने का आहवान किया है ताकि युवा पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके मण्डी ज़िले के सुंदरनगर में आज ज़िला रेडक्रॉस मेले के शुभारम्भ अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं में बढ़ती नशे की लत बेहद चिंतनीय है और इसे दूर करने के लिए समाज के सभी वर्गो को आगे आना होगा बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि यदि इस समस्या पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो युवा पीढ़ी का विनाश हो जाएगा उन्होंने लोगों से पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए रेडक्रॉस को उदारता से दान देने का आहवान किया राज्यपाल ने क्षेत्रीय अस्पताल मण्डी में पार्क निर्माण और वरिष्ठ नागरिकों के लिए संबल योजना शुरू करने पर सोसायटी की सराहना की उन्होंने बेबी शो के विजेताओं को सम्मानित किया दौरा राज्यपाल इस बीच राज्यपाल ने आज मण्डी ज़िले के कमांद स्थित आईआईटी का दौरा किया और छात्रों व अध्यापकों से बातचीत की उन्होंने कहा कि ये संस्थान देश के अग्रणी संस्थानों में से एक है और वैश्विक स्तर पर भी इसने अपनी पहचान बनाई है राज्यपाल ने विद्यार्थियों से शिक्षा पूरी करने के बाद लोगों की सेवा में शिक्षा का उपयोग करने का आहवान किया महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने आज मण्डी ज़िले में धर्मपुर क्षेत्र के अनेक स्थानों पर जन सुनवाई की और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया उन्होंने सामुदायिक भवन चोलथरा का शिलान्यास भी किया

पुण्यतिथि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्वांजलि दी है प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि राष्ट्र के प्रति सरदार पटेल की अभूतपूर्व सेवा से जनता को प्रेरणा मिलती रहेगी गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी है प्लास्टिक चम्बा ज़िला प्रशासन ने उपायुक्त कार्यालय में वर्टिकल गार्डन यानि प्लास्टिक की बोतलों का बागीचा तैयार किया है इस बागीचे में प्लास्टिक की बोतलों में पौधे व फूल लगाकर प्लास्टिक का बेहतर ढंग से निष्पादन किया गया है उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि ज़िला प्रशासन सभी क्षेत्रों से प्लास्टिक को इकट्ठा कर इसका वैज्ञानिक ढंग से निष्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे जन आंदोलन बनाया जाएगा उन्होंने सभी लोगों से इस अभियान में सहयोग की अपील की है

शिमला के निकट कुफरी में भी हिमपात हुआ जबकि शिमला के आसपास के इलाकों में हल्की ओलावृष्टि हुई ऐतिहासिक रिज मैदान पर पर्यटकों का तांता लगा हुआ है जो बर्फबारी का खूब आनन्द ले रहे हैं

आज हुए हिमपात के बाद ऊपरी शिमला की मुख्य सड़कें एकबार फिर यातायात के लिए अवरूद्व हो गई हैं लाहौल स्पीति जिले में सिस्सू से रोहतांग सुरंग तक सड़क से बर्फ हटा दी गई है और उदयपुर से केलंग के बीच छोटे वाहनों की आवाजाही आज से शुरू हो गई

विश्वविद्यालय की डिसेबल्ड स्ट्रडेंट्स एंड यूथ एसोसिएशन ने राज्यपाल को एक पत्र लिखकर इस संबंध में शिकायत की है एसोसिएशन के संयोजक मुकेश कुमार व सवीना ने कहा कि एक वर्ष बीत जाने पर भी हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और एमफिल व पीएचडी में दाखिले कर दिए गए हैं उन्होंने राज्यपाल से न्याय की गुहार लगाई है